प्रदेश में चक्रवाती तूफान तितली का प्रभाव आज से होगा कम

खगड़िया जिले के पसराहा थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह दुधेला दियारा में बीती रात अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए

घटना के बाद खगड़िया की पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी समेत मुंगेर और भागलपुर जिले के पुलिस अधिकारी भी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर कैम्प कर रहे हैं सूत्रों के अनुसार अपराधियों का पीछा करते हुये पसराहा थानाध्यक्ष नवगछिया पुलिस जिले से सटे दुधेला दियारा पहुंच गए जहां अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी

इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया जिन्हें इलाज के लिये भागलपुर ले जाया गया है उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि किसी आपराधिक मामले में सरकार के अलावा पीड़ित भी आरोपियों के बरी किये जाने के खिलाफ ऊंची अदालतों में अपील दाखिल कर सकता है इसके लिये उसे अपीलीय अदालत से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दो एक के बहुमत से यह फैसला सुनाया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में साइबर अपराध एवं धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सभी अड़तीस जिलों में कुल चौहत्तर साइबर अपराध एवं सोशल मीडिया यूनिट बनाये जा रहे हैं पटना में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इनमें से साठ यूनिट इस महीने के अंत तक काम करने लगेंगी श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराध की रोकथाम के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान तितली का असर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है हालांकि कल हुयी बारिश और तेज ठंडी हवाओं के कारण प्रे प्रदेश में पारा औसतन दो डिग्री तक नीचे चला गया है सुबह में लोगों को ठंड महसूस हो रही है मौसम विभाग के अनुसार आज भी राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में ठंडी हवायें चल सकती है साथ ही दक्षिण पूर्वी इलाकों में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है कैमूर जिले के कुदरा थाने के पूर्व थानेदार नागेंद्र पासवान को शराब पीने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच में शराब पीने के आरोप सही पाया था इसके बाद जोनल आईजी नैयर हसनैन खान ने पूर्व थानेदार को बर्खास्त कर दिया पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि औरंगाबाद गया पूर्णिया और अररिया जिले की सड़क योजनाओं के लिये दो सौ पैंतालीस करोड़ अट्ठासी लाख रूपये की मंजूरी विभाग ने प्रदान कर दी है उन्होंने कहा कि औरंगाबाद जिले की सात योजनाओं के लिये एक सौ चौवालीस करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे मंत्री ने कहा कि ये राशि सड़कों की मजबूती और चौड़ीकरण के लिये खर्च की जायेगी श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने पटना में कहा कि युवाओं को आधुनिक और नवीनतम तकनीक से जोड़ने और रोजगार के लिये कुशल बनाने को सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कौशल विकास के लिए जागरुकता फैलाने तथा पंचायत प्रखंड और जिला स्तर पर कुशल लोगों की पहचान करने के उद्देश्य से राजधानी पटना में एआईएसईसीटी कौशल चैंपियनशिप इस वर्ष पंद्रह अक्टूबर को होगी कौशल विकास के लिए काम करने वाली संस्था एआईएसईसीटी के निदेशक सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने यह जानकारी दी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के संयोजक गुलशन राय ने कहा है कि विश्व में इंटरनेट बंद होने की खबरों के बीच भारत में इंटरनेट ब्लैकआउट की आशंका नहीं है और किसी इंटरनेट शटडाउन का सामना नहीं करना पड़ेगा उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं और भारत में इंटरनेट शटडाउन नहीं होगा पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेली जा रही ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ के मुकाबले शुरू हो गये हैं बिहार के मयंक सिन्हा और तनवीर अहमद ने शानदार जीत के साथ दूसरे चक्र में प्रवेश कर लिया है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित पंद्रहवीं राष्ट्रीय मास्टर तैराकी प्रतियोगिता में बक्सर जिले के विजेंद्र राय ने नये रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है विजेंद्र ने सौ मीटर फ्री स्टाइल में एक मिनट सात सेकेंड का समय लेकर पहला स्थान प्राप्त किया जहानाबाद में खेली जा रही राज्य स्तरीय विद्यालय खो खो प्रतियोगिता के बालक अंडर फोर्टीन वर्ग में पटना ने समस्तीपुर को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक वृद्वाश्रम और भिक्षुक पुनर्वास गृह का संचालन किया जायेगा इनका संचालन सरकार करेगी उन्होंने सभी जिलों के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक को पत्र लिखकर जिले में संचालित हो रहे वृद्वाश्रम और भिक्षुक पुनर्वास गृह की अद्यतन जानकारी मांगी है ताकि इनका संचालन बेहतर ढंग से हो सके शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज देवी दुर्गा के कूष्माण्डा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुयी है पूजा पंडालों में भी पूजा अर्चना हो रही है उधर राजधानी समेत प्रदेशभर में पूजा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाने का काम जोर शोर से चल रहा है पटना के प्रमुख प्रजा पंडालों को अंतिम रूप देने में कलाकार जुटे हुये हैं प्रशासन ने पूजा पंडलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दो हजार उन्नीस की बोर्ड परीक्षा में पास होने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि अगले साल से किसी भी विषय में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर तैंतीस फीसदी नम्बर पाने वाले छात्रों को ही पास माना जायेगा इस बदलाव से छात्रों को बोर्ड परीक्षा पास करने में और आसानी होगी गौरतलब है कि पहले थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग न्यूनतम अंक लाकर पास होना होता था राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दसवीं की सेंटअप परीक्षा अब बीस नवंबर से होगी माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव प्रसाद सिंह रंजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है

बेगूसराय जिले के बछवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रवण टोला दियारा इलाके से फरार अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आर्म्स एक्ट मामले में लंबे समय से पुलिस को उसकी तालाश थी मुजफ्फरपुर जिले के बालिका गृह कांड में मुजफ्फरपुर जेल में बंद तेरह आरोपियों को पटना के बेउर जेल भेज दिया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने चार सेवानिवृत जज की समिति गठित करने के सुझाव से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है मी टू की जनसुनवाई होगी अखबार ने इससे जुड़े अन्य तथ्य भी छापे हैं दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अंदर अंदर कैसा तंत्र चल रहा सोचें पुलिस महकमे के अधिकारी दैनिक भास्कर ने अपनी सुर्खी में लिखा है ओडिशा में तितली से बाढ़ जैसे हालात साठ लाख लोग प्रभावित उन्नीस जिलों में रेड अलर्ट प्रभात खबर की सुर्खी है कैमूर में लालकुआं एक्सप्रेस की चपेट में आने से पांच की मौत

प्रदेश में चक्रवाती तूफान तितली का प्रभाव आज से होगा कम